सभी तैयारियां पूरी

और दूसरे और तीसरे चरण के लिये प्रचार अभियान तेज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

इसके लिये सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं इस चरण में दो करोड चौदह लाख से अधिक मतदाता एक हजार छियासठ उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे इस चरण के उम्मीदवारों में नौ सौ बावन पुरूष और एक सौ चौदह महिलाएं चुनाव मैदान में हैं जिनमें सबसे अधिक सताईस उम्मीदवार गया टाउन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं

मतदान के लिये इन क्षेत्रों में इकतीस हजार तीन सौ अस्सी मतदान केन्द्र बनाये गये हैं

मतदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी करायी जायेगी मतदान समाप्ति के बाद जीपीएस लगे वाहनों से ईवीएम को स्ट्रांग रूम तक लाया जायेगा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिये मतदान केन्द्रों पर रैंप और व्हील चेयर उपलब्ध होगा वहीं मतदान केन्द्रों पर पेयजल शेड और शौचालय की व्यवस्था की गयी है इधर हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि मतदानकर्मी चुनाव सामग्रियों के साथ मतदान केन्द्रों पर पहुंच रहे हैं मतदान सुबह सात बजे से शुरू होगा और शाम छह बजे तक चलेगा वहीं नक्सल प्रभावित और सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्रों में मतदान निर्धारित के समय से पहले ही समाप्त हो जायेगा पहले चरण में इकहत्तर निर्वाचन क्षेत्रों में से पैंतीस नक्सल प्रभावित इलाकों में हैं सुरक्षा कारणों से बांका मुंगेर लखीसराय पटना कैमूर रोहतास अरवल जहानाबाद औरंगाबाद गया नवादा और जमुई में मतदान का समय अलग रखा गया है बांका जिले के कटोरिया और बेलहर मुंगेर के तारापुर मुंगेर और जमालपुर लखीसराय के सूर्यगढ़ा पटना के मसौढ़ी और पालीगंज तथा रोहतास के सासाराम और काराकाट में मतदान सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक चलेगा इसी तरह गया जिले के शेरघाटी इमामगंज बाराचट्टी बोधगया और टिकारी नवादा के रजौली और गोविंदपुर तथा जमुई जिले के सिकंदरा जमुई झाझा और चकाई में भी मतदान का समय सुबह सात बजे से अपराह्न चार बजे तक निर्धारित है वहीं कैमूर जिले के चैनपुर में मतदान सुबह सात बजे शुरू होकर अपराह्न तीन बजे तक तथा चेनारी में चार बजे तक चलेगा औरंगाबाद के नवीनगर कुटुंबा और रफीगंज में तीन बजे तक जबकि गोह ओबरा औरंगाबाद और ग्रुआ के मतदान केंद्रों में अपराह्न चार बजे तक ही वोट डाले जाएंगे इधर अरवल जिले के अरवल और कुर्था तथा जहानाबाद जिले के जहानाबाद घोसी और मखदुमपुर में पांच बजे तक मतदान होगा कोरोना संक्रमण के बीच देश का सबसे पहला बड़ा चूनाव राज्य में हो रहा है चूनाव आयोग ने मतदान केंद्रों पर कोविड उन्नीस से बचाव के लिये मानक संचालन प्रक्रिया के तहत सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का निर्देश जिला निर्वाची पदाधिकारियों को दिया है अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतदाताओं के लिये बूथ पर मास्क पहनकर आना अनिवार्य होगा

पहले चरण में कल होने वाले विधानसभा चुनाव में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है इस चरण में राज्य के आठ मंत्री प्रेम कुमार रामनारायण मण्डल जयकुमार सिंह कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा शैलेश कुमार संतोष कुमार निराला विजय कुमार सिन्हा और ब्रज किशोर बिंद के भाग्य का फैसला होगा इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी एनडीए उम्मीदवार के रूप में गया जिले के इमामगंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी को उनके खिलाफ मैदान में उतारा है वहीं पूर्व मंत्री विजय प्रकाश और श्रीभगवान सिंह कुशवाहा के राजनीतिक भाग्य का फैसला भी मतदाता करेंगे इसके अलावा प्रमुख उम्मीदवारों में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज श्रेयसी सिंह अनंत सिंह ज्ञानेन्द्र सिंह ज्ञानू रामेश्वर चौरसिया उषा विद्यार्थी और राजेन्द्र सिंह जैसे राजनीतिक दिग्गज शामिल हैं पहले चरण के चुनाव में एनडीए गठबंधन में शामिल भारतीय जनता पार्टी उनतीस सीटों पर जनता दल यूनाईटेड पैंतीस और हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा हम छह सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं जबकि विकासशील इन्सान पार्टी वीआईपी का एक उम्मीदवार मैदान में है इधर महागठबंधन में शामिल पार्टियों में राष्ट्रीय जनता दल के बयालीस उम्मीदवार जबकि कांग्रेस के इक्कीस प्रत्याशी चुनाव मैदान में है इस चरण में महागठबंधन की सहयोगी भाकपा माले के आठ उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी के बयालीस और रालोसपा के तैंतालीस उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं लोजपा के पैंतीस प्रत्याशी जदयू उम्मीदवारों के खिलाफ खड़े हैं चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदाता पहचान पत्र के अलावा अन्य ग्यारह फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर लोग मतदान कर सकेंगे आधार कार्ड पासपोर्ट ड्राईविंग लाइसेंस फोटोयुक्त बैंक पासबुक श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्मार्ट कार्ड मनरेगा जॉब कार्ड स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज सरकारी पहचान पत्र और सर्विस पहचान पत्र के आधार पर भी मतदान किया जा सकता है आयोग ने कहा है कि फोटोयुक्त वोटर पर्ची पहचान पत्र के रूप में मान्य नहीं होगी आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि वोटर आईकार्ड में नाम पिता का नाम और पता में मामूली त्रटि होने पर भी उसका उपयोग पहचान पत्र के रूप में मान्य होगा पहले चरण के चुनाव के दिन कल संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सभी सरकारी सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के कार्यालयों में सवैतनिक अवकाश रहेगा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गयी है मतदान के दौरान लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए पटना स्थित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गयी है यह सुबह सात बजे से रात्रि नौ बजे तक काम करेगा लोग द्रभाष संख्या शून्य छह एक दो दो दो एक पांच नौ सात आठ पर अपनी शिकायत या किसी अन्य प्रकार की सूचना दे सकते हैं इसके साथ ही मतदाता एक आठ शून्य शून्य तीन चार पांच एक नौ पांच शून्य पर संपर्क कर सकते हैं जिला स्तर के कॉल सेंटर के नम्बर एक नौ पांच शून्य पर भी जानकारी ली जा सकती है सुरक्षा बलों ने मतदान से पहले नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को विफल कर दिया है गया जिले के रोशनगंज थाना क्षेत्र में सीआरपीएफ टीम ने दो केन बम बरामद किया है जिसे बाद में निष्क्रिय कर दिया गया है विधानसभा चूनाव के दूसरे और तीसरे चरण के लिये प्रचार अभियान तेज हो गया है स्टार प्रचारक मतदाताओं को लुभाने के लिए जम कर पसीना बहा रहे हैं आज भाजपा जदयू और राजद के नेताओं ने कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया है भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मधुबनी जिले के राजनगर और पूर्वी चम्पारण में चुनावी सभाओं को संबोधित किया उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने महिला सशक्तिकरण पर काम किया है जिससे महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आयी हैं

उन्होंने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भाजपा इस पैकेज के तहत खर्च एक एक पाई का हिसाब दे रही है श्री जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जात पात और साम्प्रदायिक राजनीति को समाप्त किया है और देश में विकास की राजनीति को आगे बढ़ाया है उन्होंने कहा कि जनधन खातों के माध्यम से डीबीटी की क्रांति लायी गयी है इससे केन्द्र द्वारा भेजा गया पूरा पैसा गरीबों के खाते में जाता है

केन्द्र सरकार भी काफी सहयोग कर रही है उन्होंने कहा कि राज्य में हर तबके का विकास हुआ है

उन्होंने पूर्वी चम्पारण शिवहर सीतामढ़ी सारण पटना समेत अन्य कई स्थानों पर भी चुनावी सभाओं को संबोधित किया कांग्रेस के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है उन्होंने कहा कि उनके सत्ता में आने पर राज्य में अपराध के मामलों में भारी बढ़ोतरी हुई है सीपीएम की वरिष्ठ नेता वृदा करात ने आज अपने दल के प्रत्याशी के समर्थन में समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर में एक जनसभा को संबोधित किया उन्होंने नीतीश सरकार के पन्द्रह साल के कार्यकाल को गरीब विरोधी बताया है भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दरभंगा मुजफ्फरपुर और पटना में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का वाल्मीकिनगर और दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में जनसभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है राज्य में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर पंचानवे प्रतिशत से अधिक हो गई है अब तक दो लाख तीन हजार से अधिक मरीज स्वस्थ हुए है वहीं नौ हजार तिहत्तर लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है

सभी तैयारियां पूरी

भाजपा जदयू और राजद के नेताओं ने कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया